मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज राज्य विधानसभा में डिजिटल म्यूजियम कार्य का श्भारंभ किया केन्द्र की आर्थिक नीतियों के विरोध में आज प्रदेश कांग्रेस ने पैदल मार्च निकाला प्रदेश में आज भी कई स्थानों पर हल्की बारिश होने और ठंडी हवाएं चलने से सर्दी बढ़ी

उन्होंने कहा कि छूआछूत का कलंक आजादी के समय भी था और अब भी है लेकिन अब इस पर चर्चा नहीं होती मुख्यमंत्री ने कहा कि संविधान के कारण हम आगे बढते जा रहे हैं लेकिन हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में बुरे हालात हैं

उन्होंने कहा कि एक समय देष में अन्न दूसरे देषों से आयात किया जाता थालेकिन अब हम कई देषों को अनाज निर्यात कर रहे हैं उन्होंने कहा कि आने वाली पीढियां संविधान निर्माताओं का योगदान कभी नहीं भुलेगी श्री कटारिया द्वारा अयोध्या पर उच्चतम न्यायालय के फैसले को लेकर कही गई बात पर पक्ष विपक्ष में तीखी नोंकझोंक भी हुई इस बहस के बाद विधानसभा का सत्र आज अनिष्चितकाल के लिए स्थिगित कर दिया गया

इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री गहलोत ने कहा कि रियासत काल से आधुनिक राजस्थान बनने तक का हमारे प्रदेश का गौरवशाली इतिहास रहा है इस म्यूजियम से प्रदेश की वैभवशाली विरासत महान स्वतंत्रता सेनानियों महापुरूषों और नीति निर्माताओं के त्याग बलिदान और योगदान की जानकारी नई पीढ़ी को मिल सकेगी

इस म्यूजियम में थ्री डी प्रोजेक्शन मैपिंग एनिमेटेड डायोरमा तथा अन्य नवीनतम तकनीक के माध्यम से राजस्थान के निर्माण में भागीदार रहे निर्माताओं के योगदान तथा प्रदेश के राजनीतिक आख्यान को प्रदर्शित किया जाएगा

प्रदेष कांग्रेस कार्यालय से सिविल लाइन्स तक निकाले गये इस मार्च में मुख्यमंत्री अषोक गहलोत प्रदेष कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पालयट कांग्रेस के राज्य प्रभारी अविनाष पांडे सहित कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया इस मार्च के बाद सिविल लाइन्स फाटक के पास एक सभा हुई जिसे वरिष्ठ नेताओं ने संबोधित किया सभा में श्री गहलोत ने कहा कि जनता का मूड कब बदल जाये इसका पता नहीं

कांग्रेस द्वारा किए गए मार्च पर प्रतिकिया व्यक्त करते हुए भाजपा के पूर्व अध्यक्ष और वरिष्ठ भाजपा नेता अरूण चतुर्वेदी ने पत्रकारों से कहा कि कांग्रेसी जिस वादे के साथ सत्ता में आई उसे वह वादा निभाना चाहिए उन्होंने कहा कि किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ है तथा बेरोजगारों को भत्ता नहीं दिया जा रहा है

बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री पूनिया ने कहा कि बैठक में हाल ही में निकाय चुनाव के नतीजों से लेकर अन्य राज्य तथा देश के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हई

आज करौली धौलपुर भरतपुर जिलों में कई जगह बारिश हई प्रदेश में इस बीच विभिन्न स्थानों पर सुबह कोहरा छाये रहने से यातायात भी प्रभावित रहा